प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित की

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा प्ररी दुनिया को हमारी भावी पीढियों को उस व्यक्ति के साहस सामर्थय और संकल्प की याद दिलाती रहेगी जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण न किया होता तो हमें सोमनाथ के दर्शन करने और गिर के जंगलो में शेर देखने या हैदराबाद की चार मीनार को देखने के लिए वीजा लेना पड़ता कच्छ से लेकर कोहिमा तक करगिल से ले करके कन्याकुमारी तक आज अगर बे रोक टोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है श्री मादी ने इस प्रतिमा को देश की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक बताया गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा प्रमुख अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद थे गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास छोटे से द्वीप साध् बेट पर बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमरीका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है श्री मोदी ने प्रतिमा के पास बनी वॉल ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया ये दीवार विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी स बनाई गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए फूलों की घाटी और टैंट सिटी जैसी अनेक परियोजनाओं पर काम हुआ है प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ टैंट सिटी का भी उद्घाटन किया इस जगह को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से टैंट सिटी में कई प्रकार की सुविधाएं की गई है

देश के विभाजन के संदर्भ में सरदार पटेल की अहम भूमिका को इस शो में दर्शाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है विभिन्न मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संगठन अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं देशभर में लोगों ने आज राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ को रवाना किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने समूचे देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कल्पना थी आधुनिक भारत की वह आधुनिक भारत बनाने के काम में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं वह अच्छी तरह से समझते है कि सशक्त स्वाभिमानी स्वावलंबी और विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि भारत एकजुट होना चाहिए इसलिए बराबर एकजुट भारत की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं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

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल राम नाईक न कहा कि आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं उसके लिए देश के हर कोने से लोहा और मिट्टी ली गई है जिससे राष्ट्र के लोगों को एकता का संदेश मिलता रहेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पांच सौ पचास से अधिक रियासतों का एकीकरण कर राष्ट्र के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान रहा है

इस अवसर पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

राज्य में इस अवसर पर सभी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम आयोजित किये गये

झांसी संभल कानपुर नगर बरेली जौनपुर बलरामपुर बदायू अमरोहा महोबा बिजनौर और मऊ जनपद में भी कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल को आध्निक भारत का निर्माता बताते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि सिद्धार्थनगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई

राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्य तिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टवीट संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्वाजलि दी है इस अवसर पर प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रदेश के गन्ना किसानों का पूरा भुगतान तीस नवम्बर तक करा दिया जायेगा

प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का समय से भुगतान कराने के लिए प्रतिबद्ध है

यह पैकेज भी देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा पैकेज है और देश में किसी राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है

भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर अजीत प्रसाद का आज दोपहर लखनऊ में निधन हो गया वह पिछले कुछ दिनों से पीजीआई लखनऊ में भर्ती थे

समाप्त